मॉब लिंचिंग पर लगाम लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक के अनुसार देश का संविधान सभी लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार देता है हाल में ऐसी अनेक घटनाएं हई हैं जिनके परिणामस्वरूप मॉब लिंचिंग के कारण व्यक्तियों की जीविका की हानि और उनकी मृत्यु हुई है

विधानसभा ने आज विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालयों से जुड़े तीन विधेयक भी ध्वनिमत से पारित कर दिए

इस बीच राजय सरकार ने संबंधित थाने के प्रभारी को निलंबित करने तथा मामले की जांच सीआईडी सीबी से कराने की घोषणा की है शून्यकाल मेंभाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने यह मामला उठाया उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दुष्कर्म पीड़िता को आत्मदाह करना पड़ा उन्हें बर्खोस्त किया जाए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ़तार किया जाए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने सवाल उठाया कि अगर मामला झूठा है तो पुलिस ने एफआर क्यों नहीं पेश की उन्होंने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों की लंबी फेहरिस्त है सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल जवाब देने लगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हो गयी

सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री धारीवाल ने बताया कि मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गयी है और सभी तथ्य सामने आ जाएंगे इस मामले में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि ऐसी घटनाएं राजधानी ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक हैं इस बीच इस मामले में महिला आयोग की टीम आज पुलिस कमिश्नरेट पहुंची और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मामले की जानकारी ली

आन्तरिक विकास कार्य पूरे होने पर ही रहन रखे भूखण्ड विकासकर्ता के हक में जारी किये जाते है यदि विकासकर्ता आन्तरिक विकास कार्य पूरे नहीं करता है तो रहन रखे भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से बेच कर प्राप्त राशि से आन्तरिक विकास कार्य पूरे कराये जाते हैं

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने विधेयक पर हई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक का सबसे अहम पहलू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए है ै इस व्यवस्था से उपभोक्ता के अधिकारी को मजबूत मिलती है और इस कारगर प्रावधान का इस्तेमाल कर वह अपने अधिकारों को संरक्षित रख सकता है श्री पासवान ने कहा कि इसके जरिये भ्रामक विज्ञापनों को लेकर विज्ञापन देने वाले को जिम्मेदार बनाया गया है सेलेब्रिटी यदि गलत विज्ञापन में आता है तो उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गयी है उपभोक्ता को अपने मामले उपभोक्ता फोरम में रखने का अधिकार है और इसके लिए उसे वकील की आवश्यकता नहीं होगी

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में विधेयक पेश किया उन्होंने कहा कि यह स्त्री पुरूष समानता न्याय और गरिमा का मामला है इसलिए इसे वोट बैंक राजनीति की नजर से नहीं देखना चाहिए

इसके अलावा आठ मंत्रालयों और नीति आयोग के प्रतिनिधियों को भी बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा बोर्ड व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति उपायों की पहचान करेगा और व्यापारियों के लिए लागू अधिनियमों और नियमों को सरल बनाने के बारे में सुझाव देगा

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री बीएन राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे श्री धनखड़ ने केसरीनाथ त्रिपाठी का स्थान लिया है

ब्यूरो के एक दल ने बांसवाडा की नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक जाहिद को दस हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है

इसी दौरान अचानक बिजली का तार टूटकर रेलिंग पर जा गिरा और सभी बच्चे करंट की चपेट में आ गए झूलसे बच्चों को सीकरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

दुर्घटना के बाद मौके पर पहचें एडीएम रामचंद्र ने बताया कि मुतक कांवडिये थे और उनके वाहन का संतुलन बिगडने से ये हादसा हआ

बूंदी के गेण्दोली थाना अधिकारी के खिलाफ ब्रंदी महिला थाने में बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है श्रीगंगानगर के एक युवा फाइनेंसर की आज तड़के पंजाब के बठिन्डा के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थ बीकानेर में संचालित पैथोलोजी लेब्स को अब क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीयन कराना होगा

कुछ स्थानों पर मामूली बारिश के समाचार हैं सिरोही में आज हल्की बारिश हुई बांसवाड़ा में बूंदाबांदी हुई